सतना कलेक्टर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए चुनाव आयोग ने सतना कलेक्टर मुकेश कुमार शुक्ला को हटा दिया है उनकी जगह राहुल जैन को नया कलेक्टर बनाया गया है

इससे पहले भिंड कलेक्टर को भी हटाया जा चुका है

वाहन जांच निर्देश भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक जयदीप प्रसाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की जांच के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि किसी को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े कल एक बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक संयुक्त भ्रमण करें संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त पर विशेष ध्यान दिया जाए भोपाल संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने कल भोपाल संभाग के सभी जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक लेकर विधानसभा निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की बैठक में श्री प्रसाद और अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे श्री कियावत ने सभी अधिकारियों से कहा कि मतदान के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जाएं आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती से कराने तथा संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी संभागायुक्त ने दिए दिव्यांग ऐप प्रदेश में मतदान के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को मदद के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं इसके लिए अब दिव्यांग सहायता सुगम्य ऐप भी शुरू किया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल भोपाल में हई एक बैठक में कहा कि हर संभव प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन मतदान कर सकें श्री कांताराव ने दिव्यांजनों के सुगम मतदान लिये ष्सुगम्यू एप्प बनाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति दिव्यांगजनों की मदद करना चाहता है प्रत्येक विधानसभा तथा मतदान केन्द्र वार ऐसे स्वयं सेवकों का चयन किया जाये श्री राव ने बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के सुगम मतदान के लिये वाहन व्यवस्था व्हीलचेयर ब्रेल लिपि व्यवस्था की जानकारी ली उन्होंने कहा कि इसमें दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने के लिये वाहन वाहन चालक एवं स्वयं सेवक को पास दिये जायेंगे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बैठक में दिव्यांगजनों के लिये की जा रही व्यवस्थाओं एवं प्रचार प्रसार की गतिविधियों की जानकारी से भी अवगत कराया

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे

इस दौरान महू धार में भी उनकी सभाएं होंगी सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीयन करवाये बिना लोगों को निवेश की सलाह देने वाली संस्थाओं वेबसाइट और व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी भोपाल में कल वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हई राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सेबी सहकारिता संस्थागत वित्त गृह विभाग सहित पुलिस के अधिकारी शामिल हुए

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था इस आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार विभाग ने कल टेलीकॉम कंपनियों को विस्तृत निर्देश जारी किये और पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

ये प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डीडी न्यूज के यू टयूब चैनलों पर भी उसी समय प्रसारित किया जायेगा समिति रिपोर्ट देश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया कि राज्य में संभाग स्तर पर स्वीप गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वीप के सघन अभियान के लिये समस्त संभागायुक्त नगर निगम आयुक्त संभाग स्तरीय स्वीप के नोडल अधिकारी और सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों को बुलाया गया है

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई नेता प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे

मुरैना जिला अस्पताल में ओपीडी के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर संभाग आयुक्त ने जिला चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया है

इस कम में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान का महत्व बताया गया